मौसम विभाग ने भारी बारिश और वजपात को लेकर जारी किया हाई अलर्ट

प्रदेश में वजपात से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर छत्तीस हो गयी है नौ जिलों में इस तरह की दुर्घटनाओं में चौदह लोग घायल भी हुए हैं जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है हताहतों में से ज्यादातर किसान या खेतिहर मजदूर हैं जो दूर्घटना के समय खेतों में काम कर रहे थे सबसे अधिक चौदह मौत पटना और समस्तीपुर में हुई हैं बाकी बाईस की मौत सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा मधेप्रा और पूर्णिया में हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को चार चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है इस बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें राहत कार्यों में लगी हई हैं श्री शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देर रात से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है मौसम विभाग ने राज्य के सोलह जिलों में आज बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने बक्सर सारण और सिवान जिले के कुछ इलाकों में अगले दो घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है वहीं समस्तीपुर पूर्णिया भागलपुर कटिहार सहित कई जिलों में अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज आंधी की आशंका है आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात को लेकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया है विभाग ने लोगों को इस दौरान अपने घरों में ही रहने को कहा है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के चार सौ अठहत्तर नये मामले आये हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर दस हजार छह सौ तिरासी हो गई नये मामलों में सबसे अधिक पटना के अलग अलग इलाकों में एक सौ तीस नये संक्रमित मामले मिले हैं राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर में उनतालीस नालंदा में चौतीस गोपालगंज में छियासी वैशाली में तेईस भागलपुर में इक्कीस औरंगाबाद तेरह भोजपूर में बारह कैमूर में ग्यारह सीवान में दस रोहतास में नौ मधुबनी में आठ गया में सात किशनगंज में छह दरभंगा में पांच बेगूसराय और सारण में चार चार पूर्वी चंपारण में तीन कटिहार मुंगेर नवादा पूर्णिया सहरसा सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में दो दो तथा अरवल बक्सर शेखपुरा और सुपौल में एक एक पॉजिटिव मामले पाए गए इस बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में एक सौ तिरासी कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं इस तरह अब तक सात हजार नौ सौ चौरानवे लोग कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर छिहत्तर दशमलव नौ दो प्रतिशत है इस तरह महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर इक्यासी हो गई है इधर पालीगंज शादी समारोह मामले में पुलिस द्वारा दूल्हे के पिता और स्वजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है वहीं व्यवहार न्यायालय के स्पेशल कोर्ट में एक लोक अभियोजक के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद पटना पटनासिटी और दानापूर व्यवहार न्यायालय में आज और कल के लिए सीधी बहस पर रोक लगा दी गयी है इस बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटनासिटी के अठारह मोहल्लों को कनटेंमेंट जोन घोषित कर दिया है कई चिकित्सकों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद मुजफ्फरपुर के तीन अस्पतालों को सील कर दिया गया है जिलाधिकारी के आदेश पर इन अस्पतालों में मरीजों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है वहीं दरभंगा जिले में एक मॉल में कर्मचारी के संक्रमित पाये जाने पर मॉल को भी सील कर दिया गया है कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छूट्टी तीस अगस्त तक रद्द कर दी है इससे पहले तेरह मार्च से प्रदेश के विभिन्न अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में काम करने वाले सभी कर्मियों के अवकाश को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को आदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहना अनिवार्य है मास्क नहीं पहनने पर संबंधित व्यक्ति से पचास रूपये जुर्माना लिया जायेगा साथ ही ऐसे व्यक्ति को जिला प्रशासन की ओर से दो मास्क भी दिये जायेंगे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हेकाथॉन दो हजार बीस की श्रुआत की यह एक आनलाइन प्रतियोगिता है इसमें देश और दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि औषधि खोज प्रक्रिया में सहायता के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल है श्री निशंक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए यह प्रतियोगिता दुनिया भर के पेशेवरों शोधकर्ताओ और विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करती है

पूरे विश्व के कल्याण के लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी हम देखना नहीं चाहते हैं इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारा देश विश्व कल्याण का देश है और इसे ये ताकत सामने आनी चाहिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस अवसर पर समी लोग जो यहां पर आए हैं वो आज से इस विजन और इस मिशन के साथ इसको दौड़कर के रिजल्ट की परिणति तक चुप न बैठें बल्कि सबका उस दिशा में योगदान होगा चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड उन्नीस से बचाव के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले सेनेटाइजर की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरुरी है नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सेनेटाईजर की पहचान के तरीकों के बारे में जानकारी दी

बहुत मोटी सी पहचान है उसके रंग पर मत जाइये उसके गाढ़ेपन पर मत जाइये वह जैल है या लिक्विड है उस पर मत जाइये

स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरों में अलग रखकर कोविड उन्नीस इलाज सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें बहुत मामूली संक्रमण और संक्रमण से पहले की स्थिति संबंधी वर्गीकरण शामिल हैं देश में बड़ी संख्या में सामने आ रहे बेहद कम लक्षण वाले संक्रमित मरीजों के मद्देनजर बाकी मरीजों पर लागू नियमावली का दायरा बढ़ाया गया है संशोधित नियमावली में मंत्रालय ने कहा है कि जो मरीज घरों में रहने में सक्षम हैं और उन्हें वहीं डॉक्टरों का इलाज देना संभव है उनपर नये नियम लागू होंगे राज्य सरकार ने राशन कार्ड लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राशन कार्ड बनाने में यदि देरी हुई या आवेदन को रद्द किया गया तो अब कोई भी व्यक्ति लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत इसकी शिकायत कर सकेगा राज्यपाल के सहमति के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है अब इस दिशा में तत्काल सुनवाई होगी नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रदेश के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण कमला बगमती सहित उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्वि जारी है पूर्णिया में महानंदा नदी खतरे के निशान के पास है वहीं अररिया में भी परमान नदी के जलस्तर में लगातार व्रद्धि हो रही है सीतामढ़ी में बागमती नदी लगातार तेजी से बढ़ रही है दरभंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर सीतामढ़ी स्थित सीता सेतू से दक्षिणी इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बढ़ते जलस्तर के कारण बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के तटीय गांव में गंगा नदी में कटाव श्रू हो गया है बाढ़ नियंत्रण विभाग बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंधों पर पूरी चौकसी बरत रहा है केन्द्रीय चयन पर्षद के माध्यम से बिहार गृह रक्षावाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के पांच सौ इक्यावन पदों पर बहाली की जायेगी इस बहाली को लेकर पर्षद ने विज्ञापन जारी कर दिया है इसके लिए आज से ऑनलाईन आवेदन जमा किये जा सकते है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तीन अगस्त निर्धारित की गयी है प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार की सेवा फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दी गयी है केन्द्रीय कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद यह आदेश जारी किया है अब मुख्य सचिव फरवरी दो हजार इक्कीस तक पद पर बने रहेंगे राज्य सरकार ने टिड़डी दलों के हमले को देखते हुए चौबीस घंटों के भीतर इन्हें हर हाल में मारने का आदेश दिया है पटना में एक समीक्षात्मक बैठक में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सभी जिलों से आपसी समन्वय करते हुए अगले चौबीस घंटे के दौरान टिड्डियों को मार गिराने और राज्य के बाहर करने के सारे उपाय करने का निर्देश दिया है टिड़डी दल के हमले के बाद पटना दरभंगा मूजफ्फरपूर और बेगूसराय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है देश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय और कॉलेज सोलह अगस्त से खुल जायेंगे इसके लिए नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है जारी आदेश में कहा गया है कि सभी इनीजियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी और आर्किटेक्चर कॉलेजों में सत्र दो हजार बीस इक्कीस की पढ़ाई सोलह अगस्त से शुरू हो जायेगी नये प्रवेशार्थियों के लिए पन्द्रह सितम्बर से कक्षा शुरू होगी

लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मती में अनियमितता के मामले में ये कार्रवाई की गई है इस मामले में एक अन्य अभियंता को भी बिना बताये अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है दो ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए काली सूची में डालने की प्रकिया शुरू की गई है सिनेमा जगत की जानी मानी नृत्य निर्देशक सरोज खान का आज तडके दिल का दौरा पडने से निधन हो गया वे इकहत्तर वर्ष की थीं उनकी कोरोना वायरस जांच नेगेटिव पाई गई थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमूखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है राज्य में राशन कार्ड बनने में देरी तो अब लोक शिकायत निवारण एक्ट में सुनवाई हिन्दुस्तान लिखता है पटना से दिल्ली मुम्बई समेत दस रूटों पर चलेगी निजी क्षेत्र की ट्रेनें भारत चीन के बीच जारी विवाद की खबर को प्रमुखता देते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है चीन से तनाव के बीच सैन्य तैयार तेज दैनिक भास्कर ने सोलह अगस्त से देश के सभी तकनीकी संस्थान खोलने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है आज अखबार ने चौरानवे हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहने की खबर को तरजीह दी है

मौसम विभाग ने भारी बारिश और वजपात को लेकर जारी किया हाई अलर्ट